लोकसभा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को आरक्षण देने का विधेयक पारित प्रदेश भाजपा ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया चंबा और शिमला ज़िलों में अग्निकांड की दो घटनाओं में एक युवक सहित दो बच्चें जिंदा जले और सोलन ज़िले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर मुख्यमंत्री राज्य सरकार कांगड़ा जिले के हरिपुर गुलेर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के अलावा गुलेर चित्रकला को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में देहरा के विधायक होशियार सिंह के नेतृत्व में उनसे मिलने आए एक प्रतिनिधिमंडल से ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में गुलेर राज्य से संबंधित ऐतिहासिक समारकों सहित कई अनछुए गंतव्य हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए रेणुका जी विकास बोर्ड की तर्ज पर हरिपुर गुलेर विकास बोर्ड के गठन पर भी विचार करेगी उन्होंने कहा कि पौंग बांध में हर वर्ष लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और इसे प्रमुख पर्यटक सर्किट के रूप में विकसित कर यहां जल खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री से गुलेर चित्रकला के संरक्षण और क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए उदार वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया

यह विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए सीधी भर्ती और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा लोकसभा में विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह देश के इतिहास में युगांतकारी क्षण है प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट संदेशों में कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है सबके विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्वता बताते हुए प्रधानमंत्री ने समर्थन के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार प्रकट किया

उन्होंने कहा कि इससे केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को बल मिला है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार राज्यसभा में भी इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करवाने में सफल होंगी

सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी लोकसभा में आरक्षण बिल पारित होने पर खुशी जाहिर की है एक ब्यान में उन्होंने कहा कि देश के लाखों गरीब स्वर्णों को इसका सीधा लाभ मिलेगा रामस्वरूप शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है भाजपा जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है उन्होंने कहा कि केंद्र के इस कदम से सामान्य श्रेणी के गरीब परिवारों के हितों की रक्षा होगी और प्रतिस्पर्धा के युग में उनके आत्म सम्मान के भाव को नई ऊर्जा मिलेगी महेंद्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण के प्रति कृतसंकल्प है

इस बीच महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी में आयोजित जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की इस मौके उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में अनेक नई योजनाएं शुरू कर राज्य को विकास के क्षेत्र में शिखर की ओर ले जाने का संकल्प दोहराया है

खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने शिमला से जारी एक ब्यान में कहा कि जनमंच कार्यक्रम चलाकर समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को सशक्त मंच प्रदान किया गया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना और युवा आजीविका योजना से प्रदेश के युवा स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित हुए हैं किशन कपूर ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बौखलाहट में अनाप शनाप ब्यानबाजी करने का आरोप भी लगाया

मुख्यमंत्री ने इन सभी का भाजपा में शामिल होने पर स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा अग्निकांड चंबा और शिमला ज़िलों में अग्निकांड की दो अलग अलग घटनाओं में आज एक युवक सहित दो बच्चों की मृत्यु हुई है चंबा की सुंगल पंचायत में एक मकान में आग लगने से दो मासूम बच्चे जिंदा जल गए

ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया मगर वे सफल नहीं हो पाए इधर राजधानी शिमला के ढली थाना क्षेत्र के चलोंठी इलाके में आज तड़के एक दुकान में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया मृतक की पहचान नेपाल निवासी मोहन सिंह के रूप में हई है अग्निशमन कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया लेकिन तब तक मोहन सिंह की जलकर मौत हो चुकी थी पुलिस ने दोनों घटनाओं में मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए कृतसंकल्प है वे आज उना जिले में बंगाणा नागरिक अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश में ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों के अनेक स्वास्थ्य संस्थानों का दर्जा बढ़ाया गया है और चिकित्सकों व पैरा मैडिकल स्टॉफ के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है

इस दौरान आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री से विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की उन्होंने हिमाचल सरकार द्वारा प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य और इस दिशा में हुए विकास से विजय रूपाणी को अवगत करवाया राज्यपाल ने कहा कि ये कृषि पद्धति किसानों की आय को दोगुना करने और पर्यावरण मित्र होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है

अपनी मेहनत और लग्न से आत्मनिर्भर बनी ये महिलाएं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा शुरू की गई योजनाओं की सफलता को बयां करती हैं सोलन से लक्ष्मीदत्त शर्मा के साथ मैं प्रभा शर्मा आकाशवाणी समाचार शिमला सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि खेल मनुष्य के जीवन में अनुशासन की भावना पैदा करने के साथ साथ भविष्य निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाते है शिमला के भराड़ी पुलिस मैदान में भाजपा युवा मोर्चा कसुंम्पटी मंडल द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आज उन्होंने ये विचार व्यक्त किए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जा रही है शिक्षा मंत्री ने युवाओं की रचनात्मक ऊर्जा को समाज व देश के उत्थान के लिए उपयोग किए जाने पर बल दिया परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने चिकित्सकों से आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने को कहा है आज शिमला में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से छूटे हुए लोगों को हिमकेयर योजना में शामिल किया जाएगा